आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा

आधार सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के अनुपालन के लिए दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल फोन के मौजूदा और नए कनेक्शन पाने वाले उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के लिए आधार का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने एक ऐतिहासिक फैसले में कानूनी प्रावधानों के न होने से निजी कंपनियों द्वारा आधार के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक के वाई सी के लिए आधार का इस्तेमाल बंद करने का विस्तृत निर्देश जारी किया और पांच नवम्बर तक इसके अनुपालन के बारे में बताने को कहा दूरसंचार विभाग ने नए कनेक्शन के लिए ग्राहक अगर स्वेच्छा से देना चाहे तो व्यक्तिगत तौर पर उसका आधार कार्ड लेने की अनुमति दे दी

उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश के जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे इसके अलावा हिमाचली गायकों साहित्यकारों और रंगमंच के कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा फिस्ट बॉल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की जूनियर फिस्ट बॉल प्रतियोगिता सोलन में आयोजित की जा रही है कल इसका शुभारंभ प्रदेश की संस्कृति को दर्शाते सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ

प्रतियोगिता के आयोजक देवेन्द्र जस्टा ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य हिमाचल में फिस्ट बॉल खेल का प्रचार प्रसार करना है उन्होंने सरकार से इस खेल को उचित मान्यता देने की मांग की

अखबार की अन्य ख़बर है कर्मचारियों पैंशनरों को तीन फीसदी मंहगाई भत्ते की अधिसूचना जारी अफसरों के तबादले की भी तय हो समय सीमा शीर्षक से अमर उजाला लिखता है प्रदेश उच्च न्यायालय ने तबादले से जुड़े एक मामले में दिया निर्देश कहा हर कर्मचारी के लिए तीन साल का कार्यकाल किया जाए निर्धारित दैनिक जागरण के शब्द हैं प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तबादले के लिए भी निर्धारित हो कार्यकाल हिमाचल दस्तक लिखता है क्लास वन के लिए भी तय हो कार्यकाल प्रिंसिपल के तबादले में शिक्षा सचिव का तर्क खारिज दैनिक जागरण की एक ख़बर है हिमाचल में बनेगा पहला इको फ्रैंडली फोरलेन केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद

दैनिक भास्कर एनजीटी के हवाले से लिखता है पंचायतों के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान जरूरी पंचायतों को बताना होगा रोज पैदा कूड़े का कैसे करते है निष्पादन

दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय पर्यटन के लिए मैं लिखता है कि पर्यटकों से अच्छा व्यवहार कर उन्हें अधिक सुविधाएं दी जाए तो पर्यटन व्यवसाय को पंख लग सकते हैं